पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान अपने चरम पर

प्रत्याशी तेईस अक्टूबर तक ले सकते हैं अपना नाम वापस

बूलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

देश के नाम अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे फिर शुरू हो रही हैं लेकिन हम सबको अभी पूरी तरह सतर्क रहना है बाईट हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो वायरस नहीं गया है

प्रधानमंत्री ने कहा डॉक्टर नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की निस्वार्थ सेवा से दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में ज्यादा लोगों की जान बचाई जा रही है

दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है

कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच की बढ़ती संख्या कोविड महामारी से लड़ाई में प्रमुख ताकत रही है श्री मोदी ने कहा कि ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि कोविड वैक्सीन सब लोगों तक पहुंचे

इनमें से कुछ एडवान्स स्टेज पर हैं आशास्वत स्थिति दिखती है कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे इसके लिए तेजी से काम हो रहा है इसलिए याद रखिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं प्रधानमंत्री ने मीडिया से जागरुकता फैलाने की भी अपील की

मैं आज अपने मीडिया के साथियों से भी सोशल मीडिया में जो सक्रिय हैं उन लोगों से भी बड़े आग्रह से कहना चाहता हूँ कि आप जागरूकता लाने के लिए इन नियमों का पालन करने के लिए जितना जन जागरण अभियान करेंगे ये आपकी तरफ से देश की बहुत बड़ी सेवा होगी आप जरूर हमें साथ दीजिए देश के कोटि कोटि जनों को साथ दीजिए विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुंच गया है एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने के लिए लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं वहीं प्रत्याशियों के द्वारा भी लगातार जनसम्पर्क अभियान चलाया जा रहा है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल आरा और बक्सर में जनसभाओं को संबोधित करते हुये महागठबंधन को समाज को तोड़ने और अशांति फैलाने वाला गठबंधन बताया श्री नड्डा आज बेतिया और मोतिहारी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मसौढ़ी रघुनाथपुर मैरवा भोरे और जहानाबाद में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुये कहा कि विपक्षी दलों के लिए विकास का मतलब सिर्फ अपनी चिंता है श्री कुमार आज पूर्वी चम्पारण सारण और वैशाली जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चार सभाओं को संबोधित करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फत्हा में एक चूनावी सभा को संबोधित करते हुये लोगों से राज्य के विकास के लिए एनडीए उम्मीदवारों के हाथों को मजबूत करने की अपील की भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी आज से चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने औरंगाबाद अम्बा रफीगंज और गोह में सभाओं को संबोधित करते हुये कहा कि वर्तमान सरकार में जन प्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है सिर्फ अधिकारियों का बोलबाला है राजद नेता आज रोहतास औरंगाबाद जहानाबाद और पटना जिले में दस चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे इधर लोक जन शक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान आज पालीगंज और अतरी से अपने चूनावी अभियान की शुरूआत करेंगे रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने बांका और जमुई में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुये लोगों से एक बार मौका देने की अपील की जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने मुंगेर और बांका में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुये कहा कि राज्य के विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बिक्रमगंज और नासरीगंज में जनसभाओं को संबोधित करते हुये बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए महागठबंधन के उम्मीदवारों के हाथों को मजबूत करने की अपील की प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने कल लखीसराय और मुंगेर में जनसभाओं को संबोधित करते हुये नये बिहार के निर्माण के लिए लोगों से समर्थन की अपील की विधानसभा चूनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अठहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आठ सौ चौरासी उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं इस चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का काम कल समाप्त हो गया प्रत्याशी तेईस अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं तीसरे चरण के तहत सात नवम्बर को मतदान होना है लोक जनशक्ति पार्टी ने तीसरे चरण के लिए अपने इकतालीस प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी है पार्टी ने भाजपा के छह बागी नेताओं को टिकट दिया है नरकटियागंज में लोजपा ने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ भी अपना प्रत्याशी उतारा है यहां से नौशाद आलम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं पूर्व केन्द्रीय मंत्री दशई चौधरी राजद विधायक मोहम्मद नेमतुल्लाह और पूर्व विधान पार्षद अनुज कुमार सिंह जदयू में शामिल हो गये हैं वहीं पार्टी ने दो नेताओं ममता देवी और अशोक कुमार सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया है और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधान सभा चुनाव पर विशेष श्रृंखला

हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में इस बार कुल सैंतीस प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं

मौजूदा विधायक प्रह्लाद यादव ने चार बार जीत हासिल की है और ये राजद के प्रत्यारी के तौर पर इस बार भी चुनावी मैदान में हैं

लखीसराय सीट पर श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा फिर से भाजपा के प्रत्याशी है ये चौथी बार जीत के लिए प्रयासरत हैं महागठबंघन ने कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीस उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है कुछ बागी नेताओं के अधिकृत प्रत्यारियों के खिलाफ चुनाव में उतरने से उलट फेर के कयास भी लगाने जा रहे हैं टिकट नहीं मिलने पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता फूलेना सिंह लखीसराय से महागठबंचन के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गये हैं

इधर हमारे शेखपुरा संवाददाता ने बताया कि जिले की दोनों सीटों बरबीघा और शेखपुरा में मुकाबला रोचक है दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से कुल इक्कीस प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं बाईट शेखपुरा की बरबीघा सीट पर इस बार मौजूदा विधायक सुदर्शन कुमार और पूर्व विधायक गजानंद शाही ने अपने दल बदल लिये हैं सुदर्शन कुमार अब जनता दल यूनाइटेड से जबकि गजानंद शाही कांग्रेस से प्रत्याशी के रुप में चुनावी रण में उतरे हैं

शेखपुरा में जनता दल यूनाइटेड के रणधीर कुमार सोनी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने का इरादा लेकर फिर मैदान में हैं इस बार उनके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के विजय कुमार चुनावी अखाडे में हैं

हालांकि महागठबंधन में सीटों के तालमेल के तहत इस बार कांग्रेस ने यह सीट राष्ट्रीय जनता दल को दे दी है

आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार विधान परिषद के चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पटना दरभंगा तिरहत और सारण तथा पटना दरभंगा तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं वहीं कोविड उन्नीस से बचाव के लिए भी सभी एहतियाती उपाय किये गये हैं केन्द्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की वैधता को आजीवन मान्य कर दिया है पहले यह अवधि सात साल निर्धारित थी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एज़ुकेशन एनसीटीई के चेयमैन विनीत जोशी ने बताया कि नई व्यवस्था देशभर में लागू होगी पूर्वी चम्पारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के बहदा बांध के पास से पूलिस ने वाहन जांच के दौरान साढ़े सात किलो चरस बरामद किया है बरामद चरस का बाजार मूल्य दो करोड़ रूपये से अधिक बताया जाता है वहीं पश्चिमी चम्पारण जिले के इनरवा थाना क्षेत्र अन्तर्गत पिड़ारी गांव से पुलिस ने एक तस्कर को साढ़े तीन किलो बाघ की हड्डी के साथ गिरफ्तार किया है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव एक सात प्रतिशत है राज्य में अब तक एक लाख चौरानवे हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुये हैं वहीं इस वैश्विक महामारी से एक हजार ग्यारह मरीजों की मौत हुई है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हिन्दुस्तान दैनिक जागरण प्रभात खबर और दैनिक भास्कर समेत आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने एडीआर की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है पैंतीस प्रतिशत प्रत्याशी करोड़पति दैनिक जागरण और प्रभात खबर ने महागठबंधन और एनडीए नेताओं के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप को अपनी पहली सुर्खी बनाया है दैनिक भास्कर आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश को भी पहले पन्ने पर जगह दी है

पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान अपने चरम पर

प्रत्याशी तेईस अक्टूबर तक ले सकते हैं अपना नाम वापस